संपर्क अभियान प्रदेश भाजपा के आज से शुरू हुए विशेष संपर्क अभियान के तहत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजधानी भोपाल की गोविंदपुरा विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क किया श्री चौहान ने नागरिकों से मुलाकात कर उन्हें भाजपा सरकार के जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी यह अभियान एक नवंबर तक चलेगा इस दौरान पार्टी के नेता जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों से संपर्क स्थापित करेंगे गोविन्दपुरा विधानसभा सीट से वर्तमान में पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल गौर विधायक हैं वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने भोपाल के कोलार मण्डल में जनसंपर्क किया राहल गांधी दौरा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी आज से राज्य के दो दिवसीय दौरे पर हैं श्री गांधी ने उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में पूजा अर्चना की इसके बाद श्री गांधी ने शहर में एक जनसभा को सम्बोधित किया दोपहर बाद श्री गांधी आदिवासी बहल जिले झाबुआ के लिए रवाना होंगे जहां वे कालेज ग्राउण्ड में आमसभा को संबोधित करेंगे श्री गांधी शाम को इन्दौर में रोड शो के बाद राजवाड़ा में एक जनसभा को संबोधित करेंगें कल सुबह श्री गांधी इंदौर में पत्रकारों से चर्चा के बाद व्यापारी वर्ग से मुलाकात करेंगे कल वे धार और खरगौन में आमसमा को संबोधित करेंगे शाम को मह पहचकर अंबेडकर प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद श्री गांधी शहर में जनसभा को संबोधित करेंगे इस अवसर पर कांग्रेस के कई बड़े नेताओं के भी उपस्थित रहने की संभावना है पिंक ब्थ प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सागर जिले में महिला मतदाताओं को अधिक से अधिक मतदान के ॅलिए प्रेरित करने के उद्देश्य से जहाँ जागरुकता अभियान चलाये जा रहे हैं वही जिले की समी आठ सीटों पर चौबीस पिंक बूथ बनाये जायेंगे इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सागर संवाददाता

इस दौरान विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत मतदान केंद्रों के बीएलओ दिव्यांग समन्वयक और सुगम मतदान समिति के सदस्यों को सौंपे गये दायित्वों के संबंध में अब तक की गई कार्यवाही की समीक्षा क ी जायेगी वहीं नर्मदापुरम संभाग के कमिश्नर उमाकान्त उमराव की अध्यक्षता में स्वीप गतिविधियों के साथ ही अन्य बिन्दुओं के संबंध में आज संभागस्तरीय नोडल अधिकारियों द्वारा पीपीटी के माध्यम से प्रस्तूतीकरण दिया जा रहा है

आम लोगों को इस अभियान से जोड़ने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सिलसिला जारी है होशंगाबाद जिले में महिला मतदाओं के मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विशेष गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं इसी कम में जिले की बावई में परियोजना अधिकारी वीणा बौरासी पर्यवेक्षकों और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने महिला मतदाताओं से संवाद कर उन्हें मतदान का महत्व समझाया इस दौरान उन्होंने महिलाओं को लोकतंत्र में हर वोट के महत्व को समझाते हुए अपने मताधिकार का उपयोग करने के साथ ही परिजनों और पड़ौसियों को भी मतदान के लिए प्रेरित करने की अपील की

इसी तरह शिवपूरी जिले में नोडल अधिकारियों को विधानसभा निर्वाचन कार्य हेत सौंपे गए दायित्वों की समीक्षा की गई इस दौरान अपर कलेक्टर ने निर्देश दिए कि निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान समय समय पर राजनैतिक दलों एवं चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों को भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी देने हेत् आयोजित होने वाली स्टेडिंग कमेटी की बैठकों में नोडल ऑफिसर आवश्यक रूप से उपस्थित रहे जिससे संबंधित नोडल अधिकारी निर्वाचन संबंधी आयोग के दिशा निर्देशों की जानकारी दे सके

इसके लिए सभी ग्राम पंचायत मे नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिये गये हैं जिला मुख्यालय उमरिया स्थित स्टेडियम में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत कल दीप जलाकर मतदान का संदेश दिया गया आचार संहिता उल्लंघन सागर से भारतीय जनता पार्टी विधायक शैलेन्द्र जैन के खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन संबंधी प्रकरण दर्ज किया गया है मोती नगर थाना पुलिस ने कल शाम विधायक सहित दो दर्जन लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर विवेचना में लिया है पुलिस से मिली जानकारी अनुसार कल पार्टी द्वारा बगैर अनुमति के निकाली जा रही रैली में शामिल विधायक सहित अन्य लोगों पर मामला दर्ज किया गया है वहीं अशोकनगर जिले के मुंगावली नगर पालिका परिषद अध्यक्ष के खिलाफ आचार संहिता के उल्लंघन का मामला दर्ज किया गया है आधिकारिक सूत्रों के अनुसार निर्वाचन दल ने कल शाम उनके दफ्तर के कक्ष में लगी कांग्रेस के नेताओं की नौ तस्वीरें बरामद की जिसके बाद यह मामला दर्ज किया गया फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी राजघानी में चल रहे तीन दिवसीय फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का आज दूसरा दिन है आज दिन भर मतदाताओं में जागरुकता लाने के लिए चित्रकला रंगोली आदि प्रतियोगिताएं तथा शाम को सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जायेगा स्थानीय एमवीएम मैदान में कल से शुरु हुए तीन दिवसीय फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी में मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है